निर्मला सीतारामन ने बताया कि सरकार किसानों कृषि उपज संगठनों प्राथमिक सहकारी संगठनों कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप के लिए एक लाख करोड रूपये देगी

इस योजना से दो लाख माइक्रो खाद्य उपक्रमों को लाभ होगा

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने बताया कि हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए चार हजार करोड रूपये के कोष की घोषणा की गई है

मुख्यमंत्री मुख्मयंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए शिमला से ज़िला उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि होम क्वारंटीन के लिए फूल प्रफ मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है क्योंकि किसी भी तरह की ढील नुकसानदायक साबित हो सकती है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज मंडी जिला के सिराज स्थित सरोआ बूथ के लोगों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक करेंगे

कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण से कल एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई है इसी के साथ प्रदेश में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है

पिछले कल दो नए मामले कांगड़ा और ऊना जिलों से सामने आए हैं

गह सचिव केन्द्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रवासी कामगारों को घर वापसी के लिए पैदल न चलना पड़े क्योंकि सरकार उनकी यात्रा के लिये बसों के अलावा सौ से ज्यादा श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां रोज चला रही है केन्द्रीय गृहसचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि लोगों को केन्द्र सरकार की व्यवस्था से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि उन्हें पैदल चलने की नौबत न आए उन्होंने कहा कि घर लौटने के इच्छ्क श्रमिकों को पास के आश्रय स्थलों पर ले जाकर उन्हें बस या रेलगाड़ी मिलने तक भोजन पानी मुहैया कराया जाना चाहिए गृह सचिव ने कहा कि कामगारों की घर वापसी के लिए जरूरी होने पर रेल मंत्रालय और अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा सहायता भारद्वाज लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार के साथ साथ विभिन्न सामाजिक व स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा जरूरतमंदों को राशन और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कल शिमला के बैनमोर वार्ड के फाईव बैंच क्षेत्र में हेल्पेज इंडिया संस्था द्वारा बुजुर्गों व जरूरतमंद लोगों को खाद्य और स्वच्छता सामग्री वितरित करने के मौके पर यह जानकारी दी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत की खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में कोरोना से तीसरी मौत कांगड़ा ऊना में मिले दो और पॉजिटिव पंजाब केसरी का शीर्षक है कोरोना से हिमाचल में तीसरी मौत एम्बुलेंस में ही गई जान

आपका फैसला ने लिखा है हमीरपुर के संक्रमित ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहंचने से पहले तोड़ा दम

डेढ़ लाख टैक्स पेयर को एपीएल सूची से बाहर करने के लिये बनेगी गाइडलाइन विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित दैनिक भास्कर की खबर है